केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढोत्तरी की भी मंजूरी

इस अध्यादेश में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से वैवाहिक संबंध तोड़ने को अपराध करार दिया गया है अध्यादेश में इसे दण्डनीय अपराध करार दिया गया है और इसके लिए तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है वहीं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते और केन्द्रीय पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा भी की है

नई दरें इस साल पहली जनवरी से लागू होंगी

प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने इसे मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने योजना को तीन वर्ष और जारी रखने की मंजूरी दी है इस योजना के तहत रोजगार युक्त गांव कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

कार्मिक विभाग ने कल रात इसके लिये अधिसूचना जारी कर दी सरकार ने केन्द्र का तरीका अपनाते हुए सालाना आठ लाख रूपये से कम आय वाले परिवारों को इसके दायरे में रखा है पात्रता में आवास और भूमि संबंधी शर्त भी जोडी गई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में भी पिछले साढ़े चार साल में कई बड़े कदम उठाए हैं और तेज रफ्तार वंदे भारत रेलगाडी इसका एक उदाहरण है

प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरा देश उन सुरक्षाकर्मियों के परिवारों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है

जाने माने लैँडस्केप फोटोग्राफर अशोक दिलवाली को लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रस्कार दिया गया

इसके बाद इस पर मालवाहक गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा इस ट्रैक परे दिल्ली से मुंबई के बीच मालगाड़ी दौड़ेगी जिससे सामान्य यात्री गाड़ी को भी खाली रेलमार्ग उपलब्ध हो सकेंगे

स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ सुनील सिंह ने बताया कि प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि यह पनीर तेल और पाउडर से मिलाकर बनाया गया था यह अलवर के रामगढ़ से जयपुर में सप्लाई किया जा रहा था